्र अगले साल मनाये जाने वाले यूनानी दिवस के उपलक्ष्य में आज से विभिन्न कार्यक्रमों की शुरूआत ्र प्रदेश के तापमान में मामूली बढ़ोतरी लेकिन सर्दी से राहत नहीं ्रणजी ट्रॉफी ग्रुप सी में हरियाणा के खिलाफ मैच पर राजस्थान की पकड़ मजबूत प्रदेश का नया मंत्रिमंडल कल शपथ ग्रहण करेगा जयपुर के राजभवन में राज्यपाल कल्याण सिंह मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलायेंगे गौरतलब है कि अभी अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री और सचिन पायलट ने उपमुख्यमंत्री का पद संभाला है

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने कहा है कि इस मिसाइल में अपने लक्ष्य पर पहुंचने के क्रम में होने वाली गड़बडियों को स्वयं ही ठीक कर लेने की क्षमता है भारत ने इस महीने के शुरु में अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया था

ऐसे निवेशकों के लिए सरकारी स्वर्ण बॉण्ड की कीमत तीन हजार उनहत्तर रुपए प्रति ग्राम होगी इन बॉण्डों की बिक्री बैंकों स्टॉक हॉल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड चुने गए डाकघरों और एनएससी तथा बीएसई के जरिए की जाएगी

इस कार्यक्रम के लिए श्रोता नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं

झुंझुनू में चौधरी चरणसिंह विचार मंच के तत्वावधान में प्रभात फेरी के साथ उनके जीवन और आदर्शों पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया

श्री मेघवाल ने शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर कैप्टन को श्रृद्धांजलि दी उन्होंने बताया कि शहीद के परिजनों के आग्रह पर रक्षा मंत्रालय द्वारा ये लड़ाकू विमान उपलब्ध करवाया गया है

केन्द्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि बीकानेर जिले के युवाओं को सेना में स्थान मिले इसके लिए सार्थक प्रयास किये जायेंगे श्री मेघवाल ने आज ही वेपकोस बीकानेर कार्यालय का उद्घाटन भी किया

हमारे संवाददाता ने बताया कि जिला कलेक्टर ने सम्बन्धित उपखंड अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं

वन अधिकारियों के अनुसार सरिस्का में आठ शावक काफी छोटे हैं और दूसरी जगह से बाघों को यहां लाने से शावकों पर खतरा बन सकता है

प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार तिर्थानी ने बताया कि सेमिनार में अजमेर ब्यावर नसीराबाद भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ उदयपुर बांसवाड़ा डूंगरपुर कोटा बूंदी और झालावाड़ सहित विभिन्न तहसीलों के प्रतिनिधि भाग लेंगे

इसके बावजूद प्रदेशवासियों को सर्दी से राहत नहीं मिली है

उर्स के दौरान अनेक राज्यों के जायरिनों ने शिरकत की ्नागौर में आज नागौर अरबन को ऑपरेटिव बैंक का उद्घाटन किया गया ् भरतपुर जिले के नदबई में आज ग्रामीण कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया ्र उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया गया

वे नई दिल्ली में सलेक्शन ट्रायल में शामिल हुई थीं